उन्होंने कहा कि भविष्य में वित्त पोषण अभियान के प्रदर्शन और परिणाम पर ही आधारित होंगे

उन्होंने पासीघाट के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सीटी परियोजना और कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के कारण कई परियोजनाओं का काम बाधित होने की बात करते हुए श्री मोयोग ने कहा कि परियोजना का कार्य जल्द ही समय पर शुरु किया जाएगा गेरुकामुख से पासीघाट तक दिबांग वैली और अंजाव तक बिजली संपर्क परियोजना कार्य शुरु कर देने की जानकारी देते हुए उन्होंने इस परियोजना को पांच वर्ष के भीतर पूरा करने का भी आश्वासन दिया

तिरप चांगलांग और लोंगडिंग क्षेत्र की अनिश्चित कानून एवं न्याय व्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए आपसू ने कहा कि जब दिन दहाड़े बिना किसी कानून के भय के पूर्ण आवेग के साथ विधायक पर गोली चला सकते है तो यह उस डर को दर्शाता है जिसके तहत आम लोगों को सहने के लिए मजबूर किया जाता है छात्र संघ ने कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ विजय रहे भाजपा के नेतृत्व में राज्य और केंद्र सरकार को तिरप चांगलांग और लोंगडिंग क्षेत्र में चल रहे उथलपुथल को हमेशा के लिए हल करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित करने का उच्च समय है

जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश गत चौबीस मई को सुरत के कोचिंग सेंटर में हुई आग दुर्घटना में जिसमें सोलह बालिकाओं सहित बीस लोग मारे गए थे के मद्देनजर जारी किया रिपोर्ट में पाया गया कि राजधानी क्षेत्र में कुछ कोचिंग सेंटर बिना किसी उचित अग्नि सुरक्षा उपायों के बच्चों की जान को खतरे में रखकर सेंटर चला रहे है इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने आपदा प्रबंधन अधिनियम दो हजार पांच के तहत ईटानगर के पुलिस अधीक्षक और अग्नि एवं आपातकालिन सेवा को निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी कोचिंग सेटर फायर एन ओ सी प्राप्त किए बिना संचालित नहीं होगा और अरुणाचल प्रदेश अग्नि सेवा अधिनियम उन्नीस सौ ईक्यानवें के तहत उनके पास पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए

मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने शिलोंग स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में श्री मित्तल को पद की शपथ दिलाई समारोह में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा और उनके मंत्रिमंडल सहित सरकारी अधिकारी एवं सशस्त्र बलों के उच्च रैंकिंग अधिकारी मौजूद थे

राज्य की पिसा यागू और किरण दाजुसो ने महिला एवं पुरुष जूनियर स्पीड क्लाइम्बिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन और उत्तर पूर्वी जोन स्पोटर्स क्लाइम्बिंग समिति के बेनर तले प्रतियोगिता का आयोजन असम पर्वतारोहण संघ और असम स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग संघ द्वारा किया गया था

आज का अधिकतम तापमान तैतीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया